सात जिलों से पांच सौ से अधिक मामले सामने आये

राज्य में इकसठ लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण

और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के रिकार्ड बारह हजार दो सौ बाईस नये मामले सामने आये हैं जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सात जिले ऐसे हैं जहां पांच सौ से अधिक मामलों की पहचान हुई है पटना में सबसे अधिक दो हजार नौ उन्नीस मामले सामने आये हैं गया से आठ सौ इकसठ सारण से छह सौ छत्तीस भागलपुर से पांच सौ छब्बीस पश्चिम चंपारण से पांच सौ सोलह और औरंगाबाद से पांच सौ नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमण बढ़ने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर में भी गिरावट आयी है देश भर में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के दो लाख पंचानवे हजार से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है यह अब तक एक ही दिन में दर्ज किए गए नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है अब तक एक करोड़ छप्पन लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं इसी अवधि में कोरोना से दो हजार तेईस लोगों की मौत हुई जिससे मृतकों की संख्या एक लाख अस्सी हजार से अधिक हो गई हैं वहीं एक दिन में कोविड संक्रमण से एक लाख पैंसठ हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं देश में अब तक एक करोड़ बत्तीस लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कोविड संक्रमित पाये गये हैं वे अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिये दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का आज पटना एम्स में निधन हो गया वहीं लखीसराय में रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की कोरोना से मौत हो गयी पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और जाने माने शिक्षाविद् शैलेश्वर सती प्रसाद का भी आज कोविड से निधन हो गया आकाशवाणी के भागलपुर संवाददाता राम प्रकाश गुप्ता का आज निधन हो गया वे कोविड संक्रमित थे और उनका पिछले कुछ दिनों से पटना एम्स में इलाज चल रहा था उनके निधन पर आकाशवाणी पटना के अधिकारियों और कर्मियों समेत पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है आकाशवाणी पटना के समाचार एकांश प्रभाग में कर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है

भारत सबसे तेज गति से टीकाकरण के इस लक्ष्य को हासिल करने वाला देश बन गया है इधर राज्य में अब तक लगभग इकसठ लाख अड़सठ हजार पांच सौ तिरानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरानवे हजार एक सौ चौंसठ लोगों को टीका लगाया गया भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सार्स कोव टू के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कम्पनी ने नई दरों की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा उन्होंने राज्यों से कहा कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन पर विचार करें कोविड की स्थिति पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लघु नियंत्रण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए

मैं राज्यों से भी अनुरोध करुंगा कि यो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान केन्द्रित करना है हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मई से देश में एक और बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जायेंगे उन्होंने लोगों से बेहिचक टीका लगवाने की अपील की

राज्यों और केन्द्र सरकारों के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आग्रह करें कि यो जहां है वहीं रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मा सेक्टर कोविड उन्नीस वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में प्ररी तरह से लगा हुआ है

आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है मेरे देश की फार्मा इंडस्ट्री के जो प्रमुख लोग है जो एक्सपर्ट लॉग है उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कपनियों की मदद ली जा रही है श्री मोदी ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिये अधिकारियों का कल से शुरू होने वाला प्रशिक्षण अगले आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया है उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण संबंधी अगली तिथि की सूचना जल्द दी जायेगी प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बैंक कर्मचारियों की लगातार मांगों को देखते हुये बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव किया गया है स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी ने बताया कि कल से पन्द्रह मई तक राज्य की सभी बैंक शाखाएं सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक ही ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी वहीं एटीएम नेट बैंकिंग सहित अन्य सेवाएं पहले की तरह चौबीस घंटे जारी रहेगी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बारह करोड़ लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जायेगा श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि प्रत्येक मास्क का अधिकतम मूल्य पंद्रह रूपये होगा मंत्री ने बताया कि इस बार मास्क का वितरण संबंधित पंचायत सचिव करेंगे इसमें कार्यपालक सहायकों की भी मदद ली जायेगी कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिले को पचहत्तर लाख रूपये दिये जायेंगे उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पहले यह राशि पचास लाख रूपये थी उन्होंने बताया कि कुशल मजदूरों के प्रत्येक समूह को दस लाख रूपये तक उपलब्ध कराया जायेगा श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इसके लिये पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेंगे परिवहन विभाग ने कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों को प्रत्येक दिन धोने और सेनेटाईज करने का निर्देश दिया है विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को बस और टैक्सी स्टैंडो पर विभागीय आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने बताया कि इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बना हुई है वहीं कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है

रामनवमी का त्योहार आज श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है कोविड संक्रमण के प्रसार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को देखते हुये इस बार लोगों ने अपने घरों में ही पर्व मनाया प्रतिबंधों के कारण रामनवमी पर न तो कोई सामूहिक धार्मिक आयोजन हुआ और न ही किसी प्रकार का जुलूस ही निकाला गया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इधर वासंतिक नवरात्र के नौवें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है

सात जिलों से पांच सौ से अधिक मामले सामने आये

राज्य में इकसठ लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण

और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार